सुचना प्रौद्योगिकी और विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की बैठक में इस अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

मंत्रिमण्डल ने आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढाने कार्य निष्मादन के अनुरूप प्रोत्साहन राशि देने और आशा कर्मियों का पैकेज बढाने को भी स्वीकृति दे दी है

श्रीमती राजे ने आज जयपूर में राजस्थान पुलिस अकादमी में छह हजार पुलिस कॉस्टेबलों की पदोन्नति पर आयोजित समारोह में कहा कि प्रदेश में यह पहला मौका है जब सरकार ने एक साथ इतने पुलिसकर्मियों को पदोन्नत किया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस को साधन सम्पन्न बनाने के लिये अनेक उपाय किये हैं

श्रीमती राजे ने प्रदेश में अपराधों में लगातार हो रही कमी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि गत चार सालों में महिलाओं पर होने वाले यौनाचार उत्पीडन सहित सभी प्रकार के मामलों में कमी आई है

इस कारण लम्बी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड रही है ग्रामीण इलाकों में रोडवेज बसों की हडताल का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है

चार साल से अधिक समय से चल रहे इस बहचर्चित मामले में अभी तक एक भी गवाह की गवाही नहीं हो सकी है

न्यायमुर्ति मोहम्मद रफीक की खण्डपीठ ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हए यह फैसला दिया

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि नौकरी पर लगे परिचालकों को नौकरी से हटाना उचित नहीं है

प्रतापगढ में जिलाधिकारियों और कर्मचारियों ने सिविल लाइंस में श्रमदान किया टोंक में इस अभियान के तहत बस स्टैण्ड पर ब्रहमक्मारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सफाई कार्य किया गया इस बीच स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीणों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता लाने के लिए आज प्रतापगढ के जिला कलेक्टर ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

बूंदी के तालेड़ा और कापरेन में आज से पांच दिन का मेला शुरू हुआ झालावाड में तेजाजी स्थानकों पर श्रद्धालुओं की भीड लगी हुई है चित्तौडगढ में इंदिरा गांधी स्टेडियम में शोभायात्रा निकाली गई प्रतापगढ के टांडा गांव में विशाल मेला भरा प्रदेश में आज दिगम्बर जैन समाज की ओर से सुगंधदशमी के मौके पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए गए झालावाड़ जिले में विभिन्न स्थानों पर दाउदी बोहरा मुस्लिम धर्मावलम्बियों ने मोहर्रम का पर्व श्रद्वा और मातम के साथ मनाया जिले के झालरापाटन सुनेल चौमहला और खानपुर में गुरहानी मस्जिदों में विशेष धार्मिक कार्यकम हुए उधर प्रतापगढ और डूंगरपुर जिले में दाउदी बोहरा समाज मोहरम कल मनाएगा

पाली जिले के बाली उपखण्ड में पांचलवाडा गांव में एक क्ए पर बंदर का शिकार करते समय करंट लगने से तेंदुए की मौत हो गई तार की चपेट में आने से बंदर ने भी मौके पर दम तोड दिया